उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की सौ वर्ष की यात्रा में यहां से निकले लोग कई बड़े बड़े पदों तक पहुंचे है उन्होंने विश्वविद्यालय को सौ वर्ष पूर्ण करने पर बधाई भी दी इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय की स्थापना के सौ साल पूरे होने की याद में एक सिक्का जारी किया इस दौरान उन्होंने डाक विभाग की ओर से जारी विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण का भी लोकार्पण किया इस कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष उन्नीस सौ बीस में की गई थी इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शोघ और भारतीय मूल्य व्यवस्था पर आधारित नवाचारों के माध्यम से विश्व की शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने का प्रयास करना था साथ ही देश समाज और मानवता की सेवा के लिए बौद्विक आधारभूत संरचना की निर्माण की दिशा में काम करने के ध्येय से भी इसकी स्थापना की गई थी कल देशभर में संविधान दिवस मनाया जाएगा यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उन्वास को देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू हुआ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष दो हजार पन्द्रह में छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है इस दिन को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्व धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश दो हजार बीस के आलेख को अनुमोदित कर दिया गया यह अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिषिद्व करेगा जो मिथ्या निरूपण बलपूर्वक असम्यक प्रभाव प्रपीड़न प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा हो यह अवयस्क महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए वृहत दण्ड का प्रावधान करेगा सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कतिपय सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त करके उनके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी उपबन्धों का उल्लंघन करने पर कम से कम एक वर्ष अधिकतम पांच वर्ष की सजा और पन्द्रह हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि अवयस्क महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में धारा तीन के उल्लंघन पर कम से कम तीन वर्ष अधिकतम दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना पच्चीस हजार रूपया होगा प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा ऐक्ट लागू कर दिया है यह ऐक्ट अगले छह महीने के लिए लागू होगा इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा सरकार के आदेश में कहा गया है कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं

लोग आज सबेरे पवित्र नदियों में स्नान कर के भगवान विष्णु की प्रजा अर्चना के बाद दान पुण्य किया देवोत्थानी एकादशी पर आज काशी में श्रद्दालुओं ने गंगा में ड्बकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पञ्च कोसी परिक्रमा प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी तिथि पर आज कड़े सुरक्षा के बीच ब्रम्हमुहूर्त में शुरू हो गया था परिक्रमा अब से कुछ देर पहले पूरा हो गया मान्यता के अनुसार देवप्रबोधिनी एकादशी पर ही जगत के पालनहार श्रीहरि चार मास की योग निद्रा से उठते हैं श्री हरि के जागने के बाद मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाता है प्रदेश में आज तुलसी विवाह भी मनाया जा रहा है

वह तिरासी वर्ष के थे आज शाम लखनऊ में उनको सुपूर्द ए खाक कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौलाना ने सामाजिक सदभाव और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है